ये राशि निर्भया निधि से खर्च की जायेगी

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में इस समय बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर एक प्रतिशत से भी कम है बिजली मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये बात कही

मंत्री ने कहा कि कमी को पूराकरने के लिए यदि बिजली की जरूरत है तो वितरण कंपनी नियमित तौर पर बिजली एक्सचेंजों से भी बिजली खरीद सकती है उन्होंने कहा कि केन्द्र दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत बिजली विकास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिजली के अंतर राजीय वितरण नेटवर्क को बढाने और मजबूत करने में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का सहयोग कर रहा है केन्द्र सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को प्रतिस्पर्धा और पेशेवर बनाने के प्रति अपनी वचनबद्वता दोहराई है राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र ने बीएसएनएल और एमटीएलएल के पुनरूद्वार के लिए कई कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि दोनो कंपनियों के कर्मचारियों को एक आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का प्रस्ताव दिया गया है

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रवि शंकर झा ने आज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जिन अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीषों को शपथ दिलाई गई है उनमें न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार वर्मा न्यायमूर्ति श्री संत प्रकाश न्यायमूर्ति श्रीमती मीनाक्षी आई मेहत्ता न्यायमूर्ति श्री करमजीत सिंह न्यायमूर्ति श्री विवके पुरी और न्यायमूर्ति श्रीमती अर्चना पुरी शामिल हैं इन सभी अतिरिक्त न्यायाधीषों को उनके अपने पद ग्रहण की तिथि से दो साल की कार्य अवधि के लिए नियुक्त किया गया है

काबिले गौर है कि उनके दादा ने आजाद हिंद फौज में सेवाएं दी हैं प्रवेश के पिता अमीर सिंह भारतीय सेना में हवलदार के पद से सेवानिवृत हुए हैं उनके बड़े भाई भी सेवा में थे मालूम हो कि उनके पिता अमीर सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की मिशन निदेशक सुश्री अमनीत पी कुमार ने आज विश्व पुरूष नसबंदी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में परिवार नियोजन पर आधारित एक मोबाईल ऐप का शुभारंभ किया इस मौके पर मिशन निदेशक ने कहा कि ये परिवार नियोजन ऐप सेवा प्रदाताओं के ज्ञन को बढाने और लोगों को सलाह देने में मदद करेगा जिसके परिणाम स्वरूप सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुरूषों और उनके परिवारों को नसबंदी बारे शिक्षित करने की सुविधायें इसमें शामिल होंगी उन्होंने बताया कि विश्व पुरूष नसबंदी दिवस का विषय है पुरूषों की अब है बारी परिवार नियोजन में हो भागीदारी

परिवार नियोजन बारे जब सटीक जानकारी पुरूषों तक पहुंचेगी तो कई पुरूष इसकी जिम्मेदारी स्वयं उठानेके लिए आगे आएंगे

भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज शाम गोवा में समाप्त हो गया

फतेहाबाद में किसानों ने आज लघु सचिवालयच के द्वार पर पराली जलाने के कारण अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए मानव श्रंखला बनाकर अपना रोष प्रकट किया